बैठक में अटल टनल रोहतांग के उद्घाटन के लिये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर मंत्रणा के साथ ही बाहरी राज्यों के लिये बसें चलाने और डिपुओं में फिर से पॉस मशीनों से राशन देने पर भी फैसला हो सकता है

इस कार्यक्रम का आकाशवाणी और द्रदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारण होगा

आकाशवाणी द्रदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा वीरेंद्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कल ऊना जिला में क्टलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के थानाकलां गांव में करीब साढ़े छह करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले आजीविका केन्द्र का शिलान्यास किया उन्होंने कहा कि इस केंद्र के बनने से वोकल फॉर लोकल अभियान को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी और स्थानीय युवा अपने उत्पाद तैयार कर स्वरोजगार हासिल कर सकेंगे

स्वावलंबन योजना कोरोना काल में बाहरी राज्यों से रोजगार छोड़कर वापस आए स्थानीय युवाओं के पुर्नवास में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना कारगर सिद्ध हो रही है

उपायुक्त अमित कश्यप ने बताया कि इनमें निर्माण होटल व रेस्टोरेंट ब्यूटीपार्लर और सेब की ग्रेडिंग व पैंकेजिंग जैसे कार्य शामिल है अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है अमर उजाला ने प्रदेश के एसएमसी शिक्षकों की भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को सुर्खी दी है शिक्षकों की अस्थायी भर्ती होगी तो वह कैसे रह सकते हैं कर्तव्यनिष्ठ इसी खबर पर दिव्य हिमाचल के शब्द हैं एसएमसी पर फैसला लागू करने को सरकार ने मांगा समय

हिमाचल दस्तक के मुताबिक अब कक्षा एक से आठवीं तक ऑनलाईन एग्जाम प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने गाइडलाइन के साथ दी डेटशीट दैनिक जागरण ने लिखा है कोरोना संक्रमित महिला आत्महत्या मामले में हाईकोर्ट सख्त सरकार बताए क्या कार्रवाई की इसी खबर पर हिमाचल दस्तक की सुर्खी है रिपन सुसाइड मामले में सरकार से जवाब तलब कोर्ट ने पूछा हादसे की वजह क्या है और कार्रवाई क्या की हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला के बयान को आपका फैसला ने शीर्षक दिया है हिमाचल कांग्रेस एकजुट होकर लड़ेगी बीजेपी से जंग